मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आधिकारिक जानकारी के अनुसार सात में से चार उन्नाव की बांगरमऊ देवरिया सदर सीट कानपुर नगर की घाटमपुर सीट और फिरोजाबाद जनपद की टूंडला सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है वहीं समाजवादी पार्टी ने जौनपुर की मल्हनी सीट जीत ली है दो अन्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है

उन्होंने समाजवादी पार्टी के ब्रहमा शंकर त्रिपाठी को पराजित किया

ट्रंडला सीट पर भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर ने समाजवादी पार्टी के महाराज सिंह धनगर को हराया

शेष नौगांवा सादात और बुलन्दशहर सीटा पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत योग्य बढ़त बनाये हुए हैं इन सीटों पर परिणाम की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश विधानसभा की रिक्त सीटों पर हुए उप चुनाव में पार्टी की भारी जीत पर जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है

उप चुनाव में दोबारा से जनता ने पार्टी की विकासवादी सोच पर अपनी मोहर लगाई है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जहां एक ओर प्रदश में ऐतिहासिक विकास हुआ है वहीं भ्रष्टाचार के स्थान पर सुशासन को बढ़ावा दिया गया है उप चुनाव में जनता का जनादेश इस बात की पुष्टि करता है

उन्होंने कहा कि हर स्तर पर पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है

प्रतिदिन किये जाने वाले टेस्ट में से एक तिहाई आरटीपीसीआर और दो तिहाई टेस्ट रेपिड एंटीजन विधि से किय जाये उन्होंने मेरठ जनपद में विशेष सतर्कता बरतते हुए संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जनपदों में प्रतिदिन जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी सुबह कोविड अस्पतालों में और शाम को इंटीग्रेटड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर में बैठक बुलाकर कार्यो की समीक्षा करे लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजूएट इंस्ट्ीटयूट ऑफ मेडिकल सांइसस एसजीपीजीआई की गर्वनिंग बॉडी की आज मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यहां एडवान्स्ड डायविटीज सेन्टर स्थापित करने का निर्णय लिया गया यह सेन्टर डिपार्टमेंट ऑफ इंडोक्रिनालॉजी के अन्तर्गत स्थापित किया जायेगा इस सेन्टर में डायविटीज मरीजों का उच्चस्तरीय इलाज होगा और इसके अलावा यहां पैरा मेडिकल स्टॉफ को ट्रेनिंग भी दी जायेगी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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पराली को न जलाने के बारे में किसानों को लगातार जागरूक किया जाये उन्होंने कहा कि कृषि ग्राम्य विकास पंचायती राज और नगर विकास विभाग द्वारा समेकित प्रयास से इस संबंध में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पराली को गो आश्रम स्थलों पर उपलब्ध कराया जाये इससे यहां संरक्षित गो वंश की रक्षा के लिये चारे की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य कराये जा सकते हैं इसके तहत जल संचयन के लिये तालाब खोदे जाये और चेक डैम तैयार किये जाये मुख्यमंत्री ने पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिये

किसी भी स्थिति से निपटने के लिये यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस अवसर पर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिये दिये गये निर्देशों के क्रम में संस्कृति विभाग द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि दीपोत्सव के दौरान राज्य में संचालित मिशन शक्ति अभियान को देखते हुए मातृ शक्ति को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जायेगा

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य मंच पर छत्तीसगढ़ की महिला कलाकारों द्वारा अभिनीत रामलीला का मंचन होगा लखनऊ की ऐशबाग रामलीला में कम्बन ऋषि की रामायण का शबरी प्रसंग मंचित किया जायेगा इस अवसर पर भगवान श्रीराम के प्रसंगों पर आधारित कविता पाठ भी आयोजित किये जायेंगे

अधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये प्रतिबंध उन सभी शहरों और कस्बों में लागू होगा जहां वायु की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है हालांकि एनजीटी ने उन शहरों और कस्बों में पर्यावरण अनुकूल पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी है जहां वायू की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे दर्ज की जा रही है साथ ही अधिकरण ने कहा कि दीपावली छठ क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या जैसे त्योहारों या अवसरों के दौरान पटाखे जलाने की सीमा दो घंटे है फिलहाल कई राज्य सरकारों ने त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति या प्रतिबंध लगाने के संबंध में अपने दिशा निर्देश तय किए हैं सरकार आतिशबाजी प्रदेश सरकार ने आतिशबाजी की बिक्री और प्रयोग के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं

मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि एनजीटी न्यायालय द्वारा प्रदेश के मुजफ्फरनगर आगरा वाराणसी मेरठ हापुड़ गाजियाबाद कानपुर लखनऊ मुरादाबाद गौतमबुद्ध नगर बागपत और बुलन्दशहर जनपदों में एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई की स्थिति खराब होने के चलते इन जनपदों में आतिशबाजी की बिक्री और प्रयोग पर न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने कहा कि दीपावली मनाने के लिये डिजीटल और लेजर सहित अन्य नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाये उन्होंने बताया कि प्रदेश के जिन जनपदों में एक्यूआई बेहतर है वहां केवल ग्रीन क्रेकर्स बेचे जाये